राज्य के उप मुख्यमंत्री और जीएसटी नेटवर्क पैनल के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजस्व वसूली एक लाख करोड़ रुपये प्रति माह पर स्थिर होने के बाद पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है जीएसटी लागू होने का एक वर्ष पूरा होने पर कल उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का समय अभी नहीं आया है उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के जीएसटी के दायरे में लाने से भी उनके मूल्य कम नहीं होंगे क्योंकि राज्यों को अठाईस प्रतिशत की सर्वोच्च जीएसटी दर से अधिक कर लगाने के अधिकार हैं औरंगाबाद और गया जिले में वज्रपात से छह लोगों की मौत हो गयी है जबकि इक्कीस लोग घायल हो गये औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान वजपात से चार लोगों की झुलसकर मौत हो गयी वहीं पंद्रह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये वहीं गया जिले के टेकारी थाना के भोरी टोला बारा गांव में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गयी उधर जिले के बेलागंज थाने के नंद्र बिगहा गांव में बिजली गिरने से एक बालिका की मौत हो गयी आपदा प्रबंधन विभाग की और से मुआवजे के रूप में सभी मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बीस जिलों में भारी बारिश की सम्भावना जतायी है मॉनसून के सक्रिय होने के बाद राज्य के कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे आ गया है लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कटिहार जमुई भागलपुर बांका मुंगेर और खगड़िया जिलों में भारी बारिश हो सकती है इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है पश्चिम चम्पारण जिले के दियारा क्षेत्र में पहाड़ी नदियों का पानी तेजी से बढ़ने लगा है कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मधुबनी प्रखंड के दियारा इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने से कई एकड़ भूमि में लगी सब्जी के फसल को नुकसान पहुंचा है हालात को देखते हुये जिला प्रशासन अलर्ट जारी किया है विश्व बैंक ने राज्य के दस जिलों में चल रहे पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है इस परियोजना को वर्ष दो हजार बीस तक प्ररा करने के लिए विश्व बैंक एक सौ पचास करोड़ रूपये की राशि जल्द ही उपलब्ध करायेगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष तक विश्व बैंक ने तीन सौ करोड़ रूपये उपलब्ध कराये थे राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते की राशि जारी कर दी है यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए दो सौ अठाईस करोड़ इक्यानवे लाख रूपये जारी की गयी है लगभग दो लाख पचास हजार पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख उपप्रमुख ग्राम पंचायत के मुखिया उपमुखिया सदस्यों और ग्राम कचहरी के सरपंच उप सरपंच तथा सदस्यों के लिए राशि जारी की गयी है केन्द्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि पार्टी लोकसभा की चालीस सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी श्री कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोक सभा की सभी सीटों पर चूनाव की तैयारी करने को कहा है पटना में पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और विशेष प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि जो सीटें पार्टी को मिलेंगी वहां तो चुनाव लड़ेंगे ही साथ ही छह सीटों पर सहयोगी दलों की मदद की जायेगी शिक्षा विभाग ने राज्य के दो सौ नब्बे पंचायतों में मध्य विद्यालयों को प्लस ट्र में उत्क्रमित करने के आदेश जारी किये हैं शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन प्रस्तावाओं पर सहमति दी गयी है उनमें अगले शैक्षणिक सत्र से प्लस टू स्तर तक की पढ़ाई सम्भव हो सकेगी विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक स्कूल में आठ वर्ग कक्ष और तीन प्रयोगशालाएं के साथ पेयजल की सुविधा विकसित की जायेगी समस्तीपूर शस्त्रागार से लगभग चार हजार कारतूस गायब होने के मामले में बारह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने बताया कि समस्तीपुर पुलिस लाइन के शस्त्रागार से दो वर्ष पूर्व लगभग चार हजार कारतूस के गायब होने का मामला उजागर हुआ था इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद सार्जेंट मेजर मिथिलेश कुमार सिंह समेत बारह पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिले के मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जमुई जिले के सिकंदरा थाना के बिछवे गांव के पास बीती रात बाइक सवार दो हथियारबंद अपराधियों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता सहित दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी मृतकों की पहचान आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव और उसके सहयोगी करू यादव के रूप में की गई हत्या के विरोध में आज सबह से ही जमुई नवादा मार्ग को आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर यातायात को बाधित कर दिया है पश्चिम चम्पारण जिले के एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देशी कहा कुछ कारतूस और एक किलोग्राम से अधिक चरस बरामद किया गया है कृषि विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है विभाग के सूत्रों ने बताया कि संयुक्त निदेशक और जिला कृषि पदाधिकारी स्तर के कई पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है इसके अलावा एक सौ उनासी प्रखंडों में भी नये कृषि पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है

वे पटना में कार्यरत थे सेन्ट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने गया जिले के रंगबहादुर रोड़ स्थित एक फैक्ट्री से लाखों रूपये मूल्य की ऑक्सीटोसिन जब्त की है मधेपुरा में आयोजित अठारहवीं बिहार राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पटना और बालक वर्ग में मूंगेर की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है खेले गये फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में पटना की टीम ने बेगूसराय को जबकि बालक वर्ग में मुंगेर की टीम ने पटना को पराजित किया बालिका वर्ग में मेजबान मधेपुरा की टीम तीसरे स्थान पर रही इधर आज से पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चौथे चरण का कंडिशनिंग कैम्प शुरू हो रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपने पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा मर्सिडीज और दूध पर एक जैसा कर नहीं हर वस्तु पर एक दर से जीएसटी सम्भव नहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है जीएसटी लॉन्च होने के एक साल के अंदर अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में सत्तर फीसदी की बढ़ोतरी दैनिक जागरण ने लिखा है प्रदेश के बीस जिलों में आज भारी बारिश की सम्भावना पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में गरज के साथ पड़ेंगे छिटे प्रभात खबर ने वजपात से हुई मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है औरंगाबाद के ओबरा में श्मशान घाट पर घटना अंतिम संस्कार कर रहे चार की वज्रपात से मौत राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कारतूस गायब होने के मामले में बारह पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी